कथित जहरीली शराब कांड के बाद राज्य प्रशासन ने मुरैना के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन अभियान की शुरुआत करेंगे

वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को अगले आदेश तक टाल दिया है

प्रदेश में बनाए गये अलग अलग वैक्सीन भंडारण केन्द्र में वैक्सीन की पहली खेप कल ही पहुंच चुकी है जहां से इन्हें अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया जा रहा है भोपाल के किलोल पार्क स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन भंडारण और ट्रांसपोर्ट प्रकिया का कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया

जिसे संभाग के आठ जिले भोपाल बैतूल हरदा होशंगाबाद रायसेन राजगढ़ सीहोर और विदिशा भेजने का काम जारी है इंदौर और जबलपुर को भी वैक्सीन मिल चुकी है वहीं ग्वालियर को आज वैक्सीन मिल जाएगी

इसके लिये जिला चिकित्सालय आगरमालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानड़ पर जरूरी तैयारियां की गई हैं

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार अपनी मौजूदा एम एसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है

सरकार ने किसानों को एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में धान की खरीद जारी है

अनुराग वर्मा को आगामी आदेश तक उप सचिव नियुक्त किया गया है

वहीं जहरीली शराब मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य की तलाश की जारी है

मकर सकांति के दिन दान और भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है आज किये गए दान को अक्षय भलदायी माना जाता है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और नर्मदा के पवित्र घाटों पर श्रद्दालु स्नान और दान के लिये पहुंच रहे हैं वहीं नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर मकर सकांति के मौके पर लगने वाले बरमान मेले का उद्घाटन कल प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने किया

माल उतारने की अनुमति न मिलने के कारण इन्हें चीनी समुद्री सीमा में ही लंगर डालना पडा इस कठिन समय में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के मानवीय रवैये की सराहना करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि कम्पनी संकट के समय में नाविकों के साथ खड़ी रही मौसम उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है जिससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक फिर ठंड बढ़ गई है

मौसम विभाग के अनुसार आज चंबल संभाग के जिलों और ग्वालियर दतिया छतरपुर रीवा सतना उमरिया जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है जबलपुर और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य बना हुआ है